मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि वैश्विक मंदी के बावजूद प्रदेश में आर्थिक विकास का ये सकारात्मक संकेत है

पुरस्कार प्रधानमंत्री मातु वंदना योजना को लागू करने में हिमाचल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देशभर में दूसरे स्थान पर रहा है केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में हए एक समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह और विभाग के उपनिदेशक ओंकार सिंह ठाकर को इसके लिए सम्मानित किया

इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में ऊना ज़िले को भी देशभर में दूसरा पुरस्कार मिला है ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार और ज़िला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस सतनाम सिंह ने ये पुरस्कार हासिल किया महेन्द्र सिंह मारकंडा सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने केन्द्रीय बजट में हर घर को नल योजना के प्रस्ताव के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया है उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल के लोगों को भी लाभ मिलेगा

कोरोना वायरस कोरोना वायरस को लेकर प्रदेशभर में ऐहतियाति कदम उठाए जा रहे हैं केन्द्र सरकार के निर्देश पर कांगड़ा जिले के मैकलोड़गंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को करोना वायरस को लेकर काउंसलिंग केन्द्र चिन्हित किया गया है कांगड़ा के अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि मैकलोड़गंज और बीड़ बिलिंग में अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं और इन इलाकों में सभी होटलों व होमस्टे को सैल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भेजे जा रहे हैं

महोत्सव में नन्ही बेटियां माता पिता के साथ फैशन शो में भाग लेंगी और रैंप वॉक करेंगी फैशन शो को दो वर्गों में बांटा जाएगा जिसमें एक वर्ग में मां बेटी और दूसरे वर्ग में पिता पुत्री के जोड़े हिमाचली परिधान में रैंप वॉक करेंगे

पहली उड़ान भूंतर अजोग चंबा अजोग भूंतर और दूसरी उड़ान भूंतर स्टींगरी भूंतर के बीच होगी ये उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सचिवालय में मंत्रियों और अधिकारियों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में डटी है और लोगों की समस्याओं की कोई सुध नहीं ले रहा है विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ज़िले के ऊपरी क्षेत्र में अभी भी अनेक मुख्य मार्ग अवरूद्व हैं और बिजली आपूर्ति भी ठप्प पड़ी है जबकि राज्य सरकार दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रही है उन्होंने सरकार को प्रदेश की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा ने नई दिल्ली में केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट के दौरान फोरलेन के निर्माण में आ रही अड़चनों के बारे में चर्चा की केन्द्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों को इस फोरलेन का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए उन्होंने भूभू जोत और जलोड़ी जोत सुरंग के निर्माण को भी हरी झण्डी दी इस बीच सांसद किशन कपूर ने संसद भवन में नितिन गडकरी से भेंट कर कांगड़ा ज़िले के लिए स्वीकृत व घोषित राष्ट्रीय राजमार्गो पर व्यवहारिक रूप से काम शुरू करने का आग्रह किया उन्होंने चंबा को छूने वाले चक्की भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग के रखरखाव की जरूरत पर भी बल दिया दिव्यांग राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों को निशल्क शिक्षा देने के सरकार के फैसले का राज्य दिव्यांगता सलाहाकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य प्रोफैसर अजय श्रीवास्तव ने स्वागत किया है

परिवहन विभाग राज्य परिवहन विभाग ने आम लोगों को परिवहन संबंधी विभिन्न सेवाएं देने के लिए वैब आधारित सॉफटवेयर तैयार किया है इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और इसके लिए विभाग के कार्यालय में आने की ज़रूरत नहीं होगी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन सेवाओं में वाहनों के रूपांतरण पंजीकरण का नवीकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र रोड़ टैक्स अदायगी विशेष परमिट और डुप्लिकेट ड्राईविंग लाईसेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं

दमकल विभाग की टीम ने को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस फैक्टरी में मशीनें और सेब की पैकिंग के लिए तैयार गत्ता पेटियां जलकर राख हो गईं

पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है

पुरथी पंचायत चंबा की जनजातीय पांगी घाटी के लोगों ने मुख्यमंत्री से किलाड़ शौर मार्ग को जल्द बहाल करने की गुहार लगाई है

सड़क बंद होने से विशेष रूप से महिलाओं बच्चों और बुजुर्गो को अधिक कठिनाई हो रही है अवैध खनन शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने संबंधित अधिकारियों को ज़िले में अवैध खनन पर तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस संबंध में लोगों को भी जागरूक किया जाना चाहिए उपायुक्त ने सभी उपमंडल अधिकारियों को अपने क्षेत्र में रेत की गाड़ियों की नियमित जांच करने को कहा है

पीला रतुआ बिलासपुर सहित कुछ अन्य जिलों में मौसम साफ होते ही गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग की संभावना बढ़ गई है तापमान में उतार चढ़ाव होने से फसल में ये रोग जल्दी फैलता है बिलासपुर के कृषि उपनिदेशक के एस पटियाल ने बताया कि अक्तुबर नवम्बर में बोई गई गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग फैलने की अधिक संभावना रहती है उन्होंने किसानों से पीला रतुआ रोग के लक्षण दिखाई देने पर गेहूं की फसल पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने की सलाह दी है